म्ख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करवाये जाने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए केन्द्र सरकार दवारा लिये गए महत्वपूर्ण फैसलों का लाभ किसानों तक पहंचाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटरों में स्विधाओं की उपलब्धता होम क्वारंटीन में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार चेकिंग करने और गांवों में क्वारंटीन फैसिलिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि राशन की कालाबाजारी में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी राज्यपाल बैठक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी विश्वविदयालयों को आपस में समन्वय करके ऑनलाइन शिक्षा का एक कॉमन प्लेटफार्म प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं आज राजभवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों के कलपतियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने विश्वविदयालयों से वर्तमान सत्र की लंबित परीक्षाओं को कराने की तैयारी के बारे में जानकारी ली उन्होंने पंतनगर और भरसार औदयानिकी विश्वविदयालयों को ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि औदयानिकी और आजीविका के अवसरों पर कार्य करने को कहा

उनको ध्यान में रखते हए स्किल डेवलेपर्मेट के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं डिजाइन की जाएं

केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सुविधा मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और स्रक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश और आवश्यक वस्त् अधिनियम में संशोधन कर कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए काम किया है श्री जावड़ेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और प्रदेशों के मीडिया प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के संयोजन में आयोजित इस विडियो कांफ्रेंसिंग में श्री जावडेकर ने तीनों अध्यादेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि अध्यादेश के लागू होने के बाद किसानों को कई तरीके की सहलियत मिलेगी इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे कृषि उत्पादों का मुक्त व्यापार स्गम होगा और किसान राज्य के भीतर और बाहर कहीं भी व्यापार कर सकेंगे श्री जावडेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट दवारा पारित तीन अध्यादेशों के लागू होने के बाद देश के कृषि जगत में नई क्रांति पैदा होगी उन्होंने कहा कि सरकार ने इन अधिनियमों के जरिए नियामकीय व्यवस्था को उदार बनाने के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यह निर्णय लेकर किसानों की पीड़ा को गहराई से समझा है मोदी सरकार उपलब्धियां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के एक साल में किये गए कार्यो की जानकारी जनता तक ले जाने की तैयारी में है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दस लाख परिवारों तक जाने का लक्ष्य दिया है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए भी पार्टी ने लक्ष्य तय किये हैं

उधर अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में बृहस्पतिवार स्बह कोविड पॉजिटिव एक य्वक की मृत्य् हो गई यह युवक बेहद गंभीर अवस्था में तीन दिनों से कोविड आईसीयू में भर्ती था

हालत गंभीर होने पर उसे इमरजेंसी में रखा गया था कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसका इलाज कोविड आईसीय् में चल रहा था जहां ब्रहस्पतिवार स्बह उसकी मृत्यु हो गई

यह टीमें लगातार सैनिटाइजेशन के काम में ज्टी हई हैं

आइसोलेशन केंद्रों सहित अन्य सभी संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में ठहराए गए लोगों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच भी खादय स्रक्षा अधिकारी दवारा की जा रही है आइसोलेशन केंद्रों में क्वारंटीन व्यक्तियों दवारा छोड़े गए अवशेष भोजन और कुड़े का भी प्रोटोकॉल के तहत निस्तारण किया जा रहा है

नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मण्डल के बागेश्वर चम्पावत और पिथौरागढ़ जिलों के श्रमिको ने बेतिया और मोतीहारी जाने के लिए पंजीकरण कराया है

इस ट्रेन से केवल वही श्रमिक जा सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है हाईकोर्ट उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सरयू नदी बागेश्वर में खनन कार्य के लिए उपयोग किये जाने वाले भारी मशीनों पर रोक जारी रखी है इससे संबंधित एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रभावित पक्षकारों से अपने प्रत्यावेदन गठित समिति के सामने पेश करने को कहा है खनन में भारी मशीनों को अनुमति देने या ना देने का निर्णय जिलाधिकारी लेंगे

राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले दिनों में राज्यभर में बारिश की संभावना है खासकर क्माऊं मंडल में कल तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है